ऊना जिले में चिन्तपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज अंब में आज एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्तपूर्णी मंदिर में वर्षभर लाखों श्रद्दालु व पर्यटक आते हैं और परियोजना के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा जयराम ठाक़र ने बताया कि इस धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्दालुओं की सुविधा के लिए एक हैलीपैड भी बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष का कार्यकाल होने तक वे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे

जयराम ठाकूर ने कहा कि अंब में आयुर्वेद अस्पताल खोलने का मामला केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा मुख्यमंत्री ने अंब मे मिनी सचिवालय और इंडोर स्टेडियम के निर्माण सहित अन्य घोषणाएं भी की

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि केन्द्र सरकार की विकासात्मक नीतियों के कारण भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है ताकि हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श राज्य बन सके

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए फोरलेन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है जिनका कार्य प्रगति पर है वीरेन्द्र कंवर राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन और इन्हें बाजार उपलब्ध करवाने में मदद के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही एक समग्र नीति बनाएगी ग्रामीण विकास व पंचायजतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने धर्मशाला में राष्ट्र स्तरीय सरस मेले के समापन अवसर पर आज ये बात कही उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सामान की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है और प्रदेश सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने में हरसंभव मदद करेगी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार प्रदेश में मछली व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट मछली की सौ अतिरिक्त इकाईयां स्थापित कर रही है मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि समाज के सभी वर्गो के विकास के लिए बेटी है अनमोल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन बेहद जरूरी है सोलन जिले में अर्की विधानसभा क्षेत्र की हाटकोट पंचायत में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के बाद कल उन्होंने ये बात कही रामलाल मारकंडा ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है वीरेन्द्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल इंडिया बनने की ओर से अग्रसर है सोलन स्थित मालरोड़ के लिए मुफ़त वाई फाई सेवा का शुभारंभ करने के बाद आज उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि डिजिटल इंडिया का उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है उन्होंने बताया कि देश की अढ़ाई लाख पंचायतों को अगले वर्ष मार्च तक इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि इससे विद्यार्थियों और कारोबारियों को लाभ मिलेगा

बीएसएनएल के महाप्रबंधक बी रविन्द्र कुमार ने कहा कि निगम का लक्ष्य विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में इंटरनेट सम्पर्क के माध्यम से उच्च गति इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित बनाना है घनतेरस दीपावली का पहला दिन धनतेरस आज मनाया जा रहा है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन भगवान धनवंतरी के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की बधाई दी है श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि यह विशिष्ट् दिन समाज में शांति और समृद्धि लाएगा इधर प्रदेश में इस अवसर पर बाजारों में खूब रौनक देखी गई सोलन में घनतेरस के मौके पर महिलाओं ने अपनी खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए आभूषणों व बर्तनों की जमकर खरीददारी की

ये बात आज उन्होंने आयूर्वेद चिकित्सालय नाहन में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर आयोजित कार्यकम में कही राजीव बिंदल ने कहा कि आयुर्वेद का ज्ञान आज भी अत्यंत सार्थक है और इस पर निरतंर शोध व शास्त्रों की रचना होनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सालय के नवनिर्मित कार्यालय स्टोर और पंचकर्म इकाई का निरीक्षण भी किया उधर चंबा स्थित आयुर्वेद अस्पताल में भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया

विधायक पवन नैय्यर ने कार्यकम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की साधना ठाकुर राज्य रेडकॉस सोसाईटी अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डाक्टर साधना ठाकुर ने दिवाली के उपलक्ष्य पर आज आईजीएमसी शिमला के चिल्ड्रन वॉर्ड में बीमार बच्चों को फल व मिठाईयां भेंट की उन्होंने बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाम की कामना की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली

गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि प्रदूषण के मददेनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश की यदि कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

मृतक की पहचान समोह गांव के ठाकुर दास के रूप में की गई है ये बस झंडूता से शिमला आ रही थी गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला रैफर किया गया है जबकि अन्य घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भर्ती किया गया है